महामारी के बारे में वर्घ्अल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि दो सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संमावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंघान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम श्रू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविघाओं का विकास किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सुची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने फरवरी मार्च के बाद से अब तक कोरोना से निपटने में काफी प्रगति कर ली है उन्होंने लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की है बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी मदद पहंचाई है और उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई हैं श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना के खिलाफ अभियान में जनभागीदारी जारी रखे क्योंकि देश को बहत जल्द दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का संचालन करना है प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आमजन को जानकारी देने को भी कहा उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यापक अभियानों में ही सही जानकारी से अफवाहें फैलने से रोका जा सकेगा उन्होंने यह भी कहा कि टीका आने तक लोगों को मास्क पहनने एक द्सरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाये रखने और बार बार हाथ धोते रहने जैसे एहतियाती उपाय जारी रखने चाहिए कोविड महामारी पर सर्वदलीय बैठक तीन घंटे चली जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया बैठक में केन्द्रीय मंत्री अभित शाह राजनाथ सिंह और डॉ हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन डीएमके पार्टी के नेता टीआरबाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार तथा कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने वीडियो कांक्रेंसिंग के जरिये भाग लिया प्रदेश में विधान परिषद अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों में से भाजपा ने तीन सीटें जीत ली हैं समाजवादी पार्टी ने एक सीट हासिल की है जबकि दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने पहली बार अपने चुनाव चिन्ह पर चनाव लडा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भाजपा ने लखनऊ मेरठ और बरेली मुरादाबाद अध्यापक सीट जीती हैं जबकि समाजवादी पार्टी वाराणसी सीट पर विजयी रही उधर आगरा और गोरखपुर फैजाबाद सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल की है पांच मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों की गिनती जारी है देर शाम तक नतीजे मिलने की संभावना है देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान ग्यारह लाख सत्तर हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई अब तक चौदह करोड सैंतालिस लाख अटठाईस हजार जांच हो चकी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ज्यादा जांच करने से संक्रमण की प्रारंभिक स्तर पर पहचान मरीजों को तत्काल अलग रखना तथा कोविड का प्रभावी इलाज सभव हुआ है इससे संक्रमण से हो रही मौतों में भी कमी आई है जांच में तेजी लाए जाने से रोजाना संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या कम हई है संक्रमण दर अब घटकर चार प्रतिशत से नीचे रह गई है देश में इस समय रोजाना प्रति दस लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक की पांच गुना जांच की जा रही हैं केन्द्र सरकार और भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंघान परिषद ने जांच की दर चरणबद्द तरीके से बढ़ाते हुए इसके लिए सुविधाएं बढाई हैं इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की एक प्रयोगशाला से शुरू होकर अब देश में दो हजार एक सौ छानबे प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है इन प्रयोगशालाओं में एक हजार एक सौ छियासी सरकारी तथा एक हजार दस निजी क्षेत्र में हैं